जल निकासी के लिए कोल इंडिया से मांगे गये पम्प

सत्ताईस ट्रेनों का परिवर्तित मार्ग से किया जा रहा है परिचालन

प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में पिछले तीन दिनों से लगातार मूसलाधार बारिश के कारण आम जन जीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है पिछले छत्तीस घंटों के दौरान रोसड़ा में सबसे अधिक दो सौ नब्बे मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गयी वहीं पटना में दो सौ छब्बीस पूर्णियां में एक सौ चौंसठ भागलपुर में एक सौ चौवन और गया में एक सौ छह मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गयी कल पटना सहित राज्य के सत्ताईस जिलों में औसतन नब्बे मिलीमीटर बारिश हुई है पटना हाजीपुर समस्तीपुर कटिहार मुजफ्फरपुर बिहारशरीफ भागलपुर पूर्णियां सासाराम और बक्सर समेत कई शहरों के निचले इलाकों में पानी भर गया है हमारे संवाददाता ने बताया है कि बारिश और बाढ़ से जुड़ी घटनाओं में अब तक छत्तीस लोगों की मौत हो चुकी है पटना के राजेन्द्र नगर कंकड़बाग सैदपुर बहादुरपुर पाटलिपुत्र पटेल नगर और मछुआ टोली इलाके में जल जमाव की स्थिति अत्यंत गम्भीर है इन इलाकों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान नावों की मदद से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रहे हैं तैंतीस नाव और पचहत्तर ट्रैक्टरों के माध्यम से बचाव कार्य चलाया जा रहा है जल जमाव में फंसे लोगों के बीच जिला प्रशासन खाद्य सामग्री और पेयजल पहुंचा रहा है आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार कल देर शाम तक पच्चीस हजार लोगों को निकाला जा चुका है जबकि लगभग तीन लाख लोग अभी भी जल जमाव वाले क्षेत्रों में फंसे हुये हैं छह जगहों पर प्रशासन ने राहत और बचाव केन्द्र की स्थापना की है चार जगह लिट्टी केन्द्र खोले गये हैं पटना के कई इलाकों में पिछले दो दिनों से बिजली आपूर्ति ठप है वहीं बीएसएनएल सहित अन्य निजी मोबाईल ऑपरेटरों की सेवाएं बाधित होने के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है इधर जिला मुख्यालयों से हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि लगातार हो रही बारिश और जल जमाव के कारण जन जीवन अस्त व्यस्त हो गया है मूजफ्फरपूर के शहरी क्षेत्रों के कई हिस्सों में तीन फूट तक पानी का जमाव हो गया है वहीं जिले के औराई कटरा बेनीबाद और मीनापुर प्रखंडों के कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गये हैं दरभंगा मधुबनी सहरसा सुपौल मधेपुरा पूर्णियां और अररिया में भी हालात खराब होते जा रहे हैं इन क्षेत्रों में आवश्यक सामग्रियों की कमी देखी जा रही है जिला प्रशासन स्थिति पर नजर बनाये हुये है और एहतियात के तौर पर हरेक जरूरी कदम उठाये जा रहे है इधर राज्य सरकार ने प्रभावित लोगों की मदद के लिए गृह मंत्रालय से दो हेलीकॉटर की मांग की है साथ ही पानी निकालने के लिए पम्प की व्यवस्था के लिए कोल इंडिया को पत्र लिखा गया है हालात को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आपात बैठक बुलाकर स्थिति की समीक्षा की श्री कुमार ने विनाशकारी बारिश को देखते हुए लोगों से घर से नहीं निकलने की अपील की है इस बीच राज्य सरकार ने बारिश से जूड़ी विभिन्न घटनाओं में मारे गए लोगों के निकटतम आश्रित को चार चार लाख रुपये की अनुग्रह राशि दिए जाने की घोषणा की है दरधा नदी पर बना तटबंध टूटने से जहानाबाद और बिहारशरी के कई हिस्सों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है वहीं पुनपुन नदी पर बने फितवास पुल में दरार आ जाने के बाद इस मार्ग से वाहनों का परिचालन रोक दिया गया है इससे नौबतपुर और मसौढ़ी के बीच सड़क सम्पर्क भंग हो गया है मुसलाधार बारिश और जल जमाव को देखते हये पूर्व मध्य रेलवे ने आज उन्नीस ट्रेनों को रद्द कर दिया है जिन ट्रेनों को रद्द किया गया है उनमें हावड़ा श्री गंगानगर एक्सप्रेस भागलपूर दानापूर एक्सप्रेस पटना हटिया एक्सप्रेस और पटना जयनगर एक्सप्रेस प्रमुख है वहीं सत्ताईस अन्य ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से चलाया जा रहा है नौ ट्रेनों का आंशिक समापन किया गया है पटना जंक्शन पर रूकने वाली ट्रेनों का आज दोपहर बारह बजे तक के लिए दानापुर जंक्शन पर ठहराव होगा बारिश का असर विमान परिचालन पर भी देखा जा रहा है पटना हवाई अड़डे से दो विमानों को कल शाम डायर्वट करना पड़ा हालांकि बाद में दोनों विमानें पटना पहुंची भारी बारिश और जल जमाव के कारण पटना कटिहार दरभंगा खगड़िया अरवल गया सहित कुछ अन्य जिलों के सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केन्द्रों को कल तक बंद रखने के निर्देश दिये गये हैं पटना में कई निजी स्कूलों ने विद्यालयों में दस अक्तूबर तक छुट्टियां घोषित कर दी हैं पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय की बीएड की परीक्षाएं और मगध विश्वविद्यालय के स्नातक तृतीय वर्ष की परीक्षा स्थगित कर दी गयी हैं वहीं बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर की बीए द्वितीय वर्ष की आज से पांच अक्तूबर तक की परीक्षाओं को भी अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया गया हैं मौसम विज्ञान विभाग ने अगले चौबीस घंटे तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश की आशंका जताई है दक्षिण पश्चिम मॉनसून के सक्रिय होने के साथ ही साइक्लोनिक सरकुलेशन बंगाल की खाड़ी में बना हुआ है जिससे भारी बारिश की आशंका जताई जा रही है विभाग की ओर से उत्तर और पूर्वी बिहार के चौदह जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है वहीं अन्य हिस्सों में भी अगले चौबीस घंटों तक भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है मौसम विभाग ने कहा है कि चार अक्तूबर के बाद ही लोगों को बारिश से राहत मिलने के आसार हैं फरक्का बराज के सभी एक सौ उन्नीस गेट खोल दिये जाने के बाद गंगा नदी के जलस्तर में तेजी से गिरावट की सम्भावना है केन्द्रीय मंत्री और पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद ने पटना के निचले इलाकों में बाढ़ की रिथति और जल जमाव की समस्या को लेकर कल केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत से बातचीत की थी जिसके बाद यह फैसला किया गया नदी का जलस्तर पटना मुंगेर भागलपुर और कहलगांव में विभिन्न स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर बना हुआ है प्रनप्रन नदी के जलस्तर में ढ़ाई मीटर से अधिक बढ़ोतरी दर्ज की गयी है नदी का जलस्तर श्रीपालपुर में खतरे के निशान से डेढ़ मीटर ऊपर दर्ज किया गया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूनपून नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी के मददेनजर सतर्क रहने की अपील की है उन्होंने कहा कि यदि नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी होती है तो स्थिति और खराब हो सकती है इधर रोहतास जिले में सोन नदी के ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्र में हो रही भारी वर्षा के बाद इंद्रपूरी बराज से करीब तीन लाख क्यूसेक पानी सोन नदी में छोड़ा गया इससे सोन नदी के तटीय इलाकों में बाढ़ की स्थिति और गम्भीर होने की आशंका है बारिश के कारण उत्तर बिहार की अधिकतर नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है बागमती बूढ़ी गंडक और कमला बलान नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बना हुआ है कटिहार और अररिया जिले में नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी के कारण कई स्थानों पर बाढ़ की स्थिति गम्भीर बनी हुई है विधानसभा की पांच और समस्तीपुर लोकसभा की सीट पर उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों का नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन है जदयू भाजपा राजद और कांग्रेस सहित अन्य दलों के अधिकतर प्रत्याशी विधानसभा की सीटों के लिए आज नामांकन दाखिल करेंगे वहीं समस्तीपुर लोकसभा सीट से एनडीए की ओर से लोजपा ने दिवंगत सांसद रामचंद्र पासवान के पुत्र प्रिंस राज को उम्मीदवार बनाया है जबकि महागठबंधन की ओर से कांग्रेस के डॉक्टर अशोक कुमार प्रत्याशी हैं लखीसराय जिले में पूर्व मध्य रेलवे के कुरौता पतनेर हॉल्ट के पास एक पैसेंजर ट्रेन के तीन डिब्बों के पटरी से उतर जाने के कारण किऊल गया रेलखंड पर ट्रेनों का परिचालन सुबह से बाधित है शारदीय नवरात्र के आज दूसरे दिन माँ दूर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है भीषण बारिश और जल जमाव के बावजूद मंदिरों शक्ति पीठों और पूजा पंडालों का माहौल भक्तिमय है बिहार क्रिकेट एसोसिएशन बीसीए की नई कार्यकारिणी का गठन हो गया है राकेश तिवारी अध्यक्ष और संजय कुमार मंटू सचिव निर्वाचित घोषित किये गये हैं अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचारों पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में हो रही भारी बारिश और बाढ़ से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया की हैं दैनिक भास्कर ने लिखा है सबसे बड़ा खतरा छब्बीस घंटे में ढ़ाई मीटर चढ़ी पुनपुन उन्नीस सौ पचहत्तर के उच्चतम स्तर से बस इक्कीस सेंटीमीटर नीचे हिन्द्रस्तान की सुर्खी है पटना में आफत की बारिश सात की मौत प्रभात खबर लिखता है सीएम ने की आपात बैठक राहत और बचाव कार्य के दिये निर्देश सभी अखबारों ने तेजप्रताप यादव की पत्नी ऐश्वर्या राय के साथ लालू प्रसाद के परिवारजनों के द्वारा की गयी कथित बदसलूकी की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है दैनिक जागरण लिखता है ऐश्वर्या को धक्के मार घर से निकाला देर रात तक जारी रहा हंगामा और अब अंत में मुख्य समाचार प्रदेश में पिछले तीन दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण हालात और बिगड़े

जल निकासी के लिए कोल इंडिया से मांगे गये पम्प

सत्ताईस ट्रेनों का परिवर्तित मार्ग से किया जा रहा है परिचालन